मुख्यमंत्री के आबकारी विभाग को निर्देश जीएसटी के कारण राजस्व प्राप्ति में हो रही कमी को पूरा करने के लिए करें प्रयास

प्रदेश में व्यापक वर्षा से सामान्य जनजीवन प्रभावित किन्नौर जिले में बादल फटने की घटनाओं से करोड़ों का नुक्सान

उन्होंने कहा कि नयी व्यवस्था में अब यह केन्द्र सरकार की प्राथमिकता होगी कि राज्य के कर्मचारियों को अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों और पुलिस कर्मचारियों की तरह समान सुविधाएं मिलें प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में केन्द्र व राज्य के सभी रिक्त पद भरे जाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी जिससे स्थानीय युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार नये जम्मू कश्मीर और नये लद्दाख के लिए निष्ठा के साथ काम करेगी श्री मोदी ने घाटी में शांति बनाये रखने के लिए सुरक्षाबलों की सराहना की उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के उन लोगों को हर संभव सहायता देगी जो किसी अन्य स्थान पर रहते हों और त्यौहार मनाने के लिए घर लौटना चाहते हों जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आबकारी व कराधान विभाग को जीएसटी के कारण राजस्व प्राप्ति में हो रही कमी को पूरा करने के लिए प्रयास करने को कहा है शिमला में आज विभाग की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सक्रिय होकर टैक्स एकत्रित करने और इसमें खामियों पर नजर रखने की दिशा में कारगर कदम उठाने चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस वित्त वर्ष में आठ हजार करोड़ रुपए टैक्स एकत्रित करने का लक्ष्य रखा है

इससे प्रदेश के कोष को हो रहे राजस्व क्षति पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा मुख्यमंत्री इससे पहले शिमला में राजकीय महाविद्यालय संजौली के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध व नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में आगामी शैक्षणिक सत्र से अंग्रेजी और हिंदी में स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू की जाएंगी मुख्यमंत्री ने अध्यापकों से विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा देने पर बल दिया समारोह में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्य में ग्रणवत्तायुक्त शिक्षा देने वाले संस्थानों का विस्तृत नेटवर्क उपलब्ध है जिससे विद्यार्थियों को घर द्वार पर बेहतर शिक्षा मिल रही है

सुरेश कश्यप सांसद सुरेश कश्यप ने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ साथ खेल गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आहवान किया है शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के घैणी में आज खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन पर उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से ही विद्यार्थियों का शारीरिक मानसिक व बौद्धिक विकास संभव है सुरेश कश्यप ने घैणी पंचायत में करीब छः लाख रुपए से बने सामुदायिक भवन का भी लोकार्पण किया महेंद्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि राज्य स्तरीय प्री कोचिंग सैन्य अकादमी सरकाघाट के बरच्छबाड़ में खोली जाएगी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जल्द इस अकादमी का शिलान्यास करेंगे सरकाघाट में आज पत्रकारों से बातचीत में महेंद्र सिंह ठाक्र ने कहा कि इस अकादमी से प्रदेश के युवाओं को सेना अर्द्वसैनिक बलों में सीडीएस व एनडीए जैसी परीक्षाओं की तैयारी में उचित मार्गदर्शन मिलेगा इससे पहले उन्होंने सरकाघाट में सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास योजनाओं की समीक्षा की परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने स्वास्थ्य विभाग को आईजीएमसी शिमला की नई ओपीडी को जल्द क्रियाशील बनाने के निर्देश दिए हैं शिमला में आज विभाग की एक बैठक में उन्होंने कहा कि पैरा मेडिकल और मेडिकल के पदों को शीघ्र भरने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे

ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज शिमला में बताया कि केंद्र सरकार ने इसके लिए स्वीकृति दे दी है

किन्नौर जिले में भारी वर्षा बादल फटने की घटना से कानम गांव में सेब बागीचों को नुक्सान पहुंचा है इसके अलावा पेयजल लाईने भी क्षतिग्रस्त हुई हैं लाबरंग से कानम को जोड़ने वाली संपर्क सड़क पर बने पुल के बाढ़ की चपेट में आने से कानम गांव का सम्पर्क ट्रट गया है उपायुक्त गोपाल चंद ने बताया कि प्रशासन की ओर से राहत टीम कानम भेजी गई है और विभागों को नुक्सान का जायजा लेने के निर्देश दिए गए हैं उधर चंडीगढ़ मनाली उच्च मार्ग पर मनाली से औट के बीच पहाड़ियों से पत्थर गिरने के चलते इस मार्ग पर यातायात बंद कर दिया गया है मंडी से कुल्लू जाने वाले वाहनों को बजौरा होकर भेजा जा रहा है जिला पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है

प्रशासन स्थिति पर नज़र बनाए हुए है प्रदेश के अन्य स्थानों पर हुई वर्षा से जगह जगह भूस्खलन हुआ है और नदी नालों के जलस्तर में भी वृद्धि हुई है